उन्होंने विभिन्न राज्यों के मुख्यमंत्रियों से कोरोना वायरस के संक्रमण को रोकने के लिए उठाए जा रहे कदमों की जानकारी ली इस बीच प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने आयुष मंत्रालय के दिशा निर्देशों के पालन और उसे अपने जीवन का हिस्सा बनाने के साथ साथ दूसरों को भागीदार बनाने के लिए लोगों से अपील की है एक ट्वीट में उन्होंने कहा कि हमें स्वस्थ होने पर जोर देना चाहिए और अच्छा स्वास्थ्य खुशहाली का वाहक होता है गोविंद ठाकुर वन मंत्री गोविंद सिंह ठाकुर ने कहा है कि कुल्लू ज़िले में लोगों की स्वास्थ्य जांच का कार्य आज से शुरू किया गया है

वीरेन्द्र सैजल ग्रामीण विकास मंत्री वीरेंद्र कंवर ने कहा है कि कोरोना से लड़ाई में समाज के हर वर्ग को सहयोग करना चाहिए ऊना से जारी एक प्रैस विज्ञप्ति में उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार और ज़िला प्रशासन द्वारा समय समय पर दिए जा रहे आवश्यक दिशा निर्देशों का सभी को पालन करना चाहिए

शैल्टर होम लॉकडाउन के बाद दिल्ली में फंसे हिमाचल के लोगों के लिए शैल्टर होम शुरू कर दिया गया है

उन्होंने बताया कि ये प्रवासी मजदूर कुल्लू और लाहौल स्पीति से संबंध रखते हैं महाजन ने बताया कि इन लोगों को निशुल्क रहने और खाने पीने की सुविधा दी गई है इसके अलावा विभिन्न जरूरतमंद लोगों को भी अलग अलग संगठनों द्वारा मुफ्त राशन दवाईयां और आवश्यक वस्तुएं वितरित की जा रही हैं

राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद उप राष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू प्रधानमंत्री नरेन्द मोदी और सूचना तथा प्रसारण मंत्री प्रकाश जावडेकर ने इस अवसर पर लोगों को बधाई दी है प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने ट्वीट कर रामनवमी के अवसर पर समी को हार्दिक शुभकामनाएं दी हैं सूचना और प्रसारण मंत्री प्रकाश जावडेकर ने कहा है कि श्रीराम एक ऐसे आदर्श पुरुष थे जिन्होंने हमें जीने की राह दिखाई इधर मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने भी रामनवमी के उपलक्ष्य में लोगों को शुभकामनाएं दी हैं उन्होंने कहा है कि भारत की आस्था और अटूट श्रद्धा के प्रतीक भगवान श्रीराम सभी के जीवन में उत्तम स्वास्थ्य और सौभाग्य लाएं

प्रशासन ने जिले के देहंघाट में कुछ मैकेनिकों की दकानों को खोलने की भी मंजूरी दी है ताकि वाहन चालकों को राहत मिल सके ट्रक चालकों ने प्रशासन के इस निर्णय को राहत देने वाला बताया है

सरकार ने कहा है कि आवश्यक वस्तुओं की पर्याप्त आपूर्ति जारी है और लोगों को चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है लोगों को सलाह दी जाती है कि वे आवश्यक वस्तुओं और चिकित्सा की खरीददारी करते समय धैर्य रखें और शांत रहें आवश्यक वस्तुओं को खरीदने के लिए बार बार बाहर निकलने से बचें साथ ही लोगों से हाथ मिलाने और गले लगने से भी बचना चाहिए बाजार मेडिकल स्टोर और अस्पतालों में लोग कम से कम एक मीटर की दूरी रखें घर पर गैर जरूरी सामाजिक समारोह से बचा जाना चाहिए लोगों को अपनी आंख नाक और मुंह को छूने से बचना चाहिए और लगातार हाथ साफ करते रहना चाहिए